मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्र सेवा में आईटीबीपी के योगदान को सराहा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पिति जिले में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनो से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है नरेंद्र मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ईमानदारी व बहादुरी के साथ राष्ट्र सेवा कर रहा है शिमला के निकट तारादेवी स्थित बल के सेक्टर मुख्यालय में आज फ्लैग इन सेरेमनी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में आईटीबीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया जयराम ठाकुर ने कहा कि आईटीबीपी के पास एक विशेष पर्वतारोही बल है जो अधिकारियों व जवानों को पर्वतारोहण और स्कीइंग का प्रशिक्षण देता है उन्होंने बल के स्वच्छता अभियान की सराहना भी की

उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेगें अनुराग ठाकुर ने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि और खरीद बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार होगा इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेक एतिहासिक फैसले लिए हैं सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान लोगों को आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी देने में अहम भूमिका निभा रहा है

भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत अतिसंवेदनशील माना जाता है और आपदा की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्यो से जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पिती जिले में कोरोना काल के दौरान भी विकास कार्यों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा हैं और लोक निर्माण विभाग ने पांच बड़े पुलों का निर्माण किया है जिनमें से तीन पुल जनता को समर्पित कर दिए गए हैं जिले की तोद घाटी के योचे में बन रहे पुल के कार्य का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए मारकंडा ने कहा कि अगले महीने जिले में दो नए पुलों को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा सरवीण सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से जनजातीय जिले लाहौल स्पिति की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा शिमला स्थित राजभवन में आज अटल टनल रोहतांग के निर्माण कार्य से जुड़ी एजैंसी के अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सुरंग हर मौसम में लाहौल घाटी को कनैक्टिविटी प्रदान करेगी इस अवसर पर राज्यपाल को अटल टनल रोहतांग की खुबियों से अवगत कराया गया गोविन्द ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार विकास गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है

इस बीच गोविन्द ठाकुर ने कुल्लू के देवसदन में संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित पांच दिवसीय ज्योतिष कर्मकांड प्रशिक्षण सम्मेलन में भी भाग लिया उन्होंने कहा कि कर्मकांड एक वृहद विषय है और इसके व्यापक अध्ययन की ज़रूरत है वीरेंद्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कांग्रेस पार्टी पर कृषि विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि संसद ने किसानों के हित में कृषि संबंधी ऐतिहासिक विधेयक पारित किए हैं जिससे किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि नए विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद का प्रावधान जारी रखा गया है और मंडियों में पहले की तरह कारोबार जारी रहेगा कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने शिमला में बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने के कल दो वर्ष पूरे हो रहे हैं और हिमाचल में योजना के के दो वर्ष बेमिसाल रहे हैं

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर ज़िले के घुमारवी में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों का जायज़ा लिया उन्होंने लोगों को यातायात के बेहतर साधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए और ग्रामीण इलाकों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा

चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से सभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और सरकार भी इस दिशा में हर संभव मदद कर रही है त्रिलोक कपूर चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति हरीन्द्र कुमार चौधरी ने भेड़ बकरियों पर शोध व प्रसार गतिविधियों पर बल दिया है राज्य वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि भेड़ बकरियों के लिए पोषक आहार बनाने के लिए विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा व पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय में उचित व्यवस्था की गई है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी नई शिक्षा नीति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्र सेवा में आईटीबीपी के योगदान को सराहा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पिति जिले में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा